इस बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई बैठक के बाद नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री जयवर्धन सिंह ने पत्रकारों को जनकारी देते हुये बताया कि मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रीक वाहन नीति को मंजूरी देने के साथ ही कई बड़े फैसले लिए

ग्रामीण महिला दिवस आज अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस है इस महत्वपूर्ण दिवस का मुख्य उद्देश्य कृषि विकास ग्रामीण विकास खाद्य सुरक्षा तथा ग्रामीण गरीबी उन्मूलन में ग्रामीण महिलाओं के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना हैं इसका अन्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका और उनके योगदान को भी सम्मानित करना है संयुक्त राष्ट्र के अनुसार यदि ग्रामीण परिवेश की एक महिला को सशक्त बना दिया जाये तो वह अपने पूरे परिवार को स्वयं सशक्त बना सकती है साथ ही सतत विकास लक्ष्य जैसे गरीबी भुखमरी खाद्य सुरक्षा तथा महिला अधिकारों को भी बेहतर रूप से लागू किया जा सकता है उपराष्ट्रपति एमवेंकैया नायडू ने विश्व समुदाय से महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की अपील की है

इस मौके पर उन्होंने कहा कि आम आदमी की बुनियादी सुविधाओं में निरंतर वृद्धि हो यही राज्य सरकार का लक्ष्य है ताकि लोग सुरक्षित और सम्मानित जीवन जी सके

नागरिकों को यह सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है

इस बार की थीम है स्वच्छ हाथ इसी को लेकर आज राज्य की सभी शालाओं में मध्याह भोजन से पहले सभी विद्यार्थियों के हाथ साबुन से धुलवाए जाने के साथ ही बच्चों को प्रतिदिन भोजन से पहले साबुन से हाथ धोने की सीख दी गई राज्य के शहडोल होशंगाबाद नरसिंहपुर डिण्डोरी सागर आगरमालवा शिवपुरीमुरैना छिन्दवाड़ा उमरिया और अनूपपुर सहित अन्य जिलों में भी विश्व हाथ धुलाई दिवस पर समी शालाओं में हाथ धुलाई के आयोजन किये जाने के समाचार मिल रहे हैं कलाम जयंती समग्र राष्ट्र आज पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को उनकी जयंती पर भावभीनी श्रद्वांजलि अर्पित कर रहा है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने एक संदेश में कहा कि महान विद्वान और शिक्षक डॉ कलाम ने हर जगह प्यार और सम्मान अर्जित किया है देश को सुदृढ़ बनाने की उनकी प्रतिबद्धता और देशभक्ति हमेशा हम सभी को प्रेरित करती रहेगी

इस दिन दीपावली का त्यौहार भी है

एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने विचार साझा करने की अपील की है उन्होंने लोगों को माई जी ओ वी फोरम या नमोऐप पर अपने विचार भेजने के लिए आमंत्रित किया है

भोपाल में पत्रकार वार्ता में उन्होंने आज कहा कि मैं भाजपा से कभी भी अलग नहीं था

उनकी भोपाल इंदौर रायसेन छतरपुर और अन्य स्थानों पर संपत्तियों पर भी छापे मारे जा रहे हैं